इस बार सरकार ने न तो कोई नया कर लगाया है और न ही प्राने करों में कोई बढ़ोतरी की है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में टैबलेट के माध्यम से पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्त्त किया जिसमें आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर जोर दिया गया है श्री देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश है और इसी के अनुरूप बजट प्रावधान किए गए हैं इसके तहत ढांचागत स्विधाओं के विकास और विस्तार पर सबसे अधिक जोर दिया गया है उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा

सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर श्रू होगी

सामाजिक स्रक्षा पेंशन जारी रहेगी भोपाल में प्लिस अस्पताल बनेगा हर जिले में महिला थाने खोले जायेंगे

भोपाल के गैस पीड़ितों को अब राज्य सरकार पेंशन देगी वित्तमंत्री ने कहा कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस वे है ही अब पूर्व से पश्चिम को जोडऩे के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे का खाका तैयार किया गया है इसके पहले विधानसभा में ह्ई कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई

कोरोना संक्रमित होने के बाद वे अस्पताल में भर्ती थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर द्ख व्यक्त कर श्रद्वांजलि अर्पित की भाजपा ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए है

टीकमगढ रेलवे स्टेशन पर सांसद वीरेन्द्र क्मार ने इस ट्रेन का स्वागत किया